लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विवेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंघान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है इसमें गुजरात के जामगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्वति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों की गहन मानिटरिंग करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सा संस्थानों में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से सुरक्षा एवं बचाव के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने की कार्यवाही लगातार जारी रखी जाय इस दौरान मुख्यमंत्री ने सब्जियों के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिये जमाखोरी करने वालों के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बैक्टरजनित रोगों जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिण्ड्रोम को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो में संचारी रोग के खिलाफ लागू की गयी रणनीति असाधारण रूप से सफल रही है वर्ष दो हजार सोलह में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस के कारण चार सौ छाछठ मौत हुयी थी जबकि इस वर्ष इस बीमारी से केवल सात बच्चों की मौत हुयी है प्रदेश सरकार पहर्ले से ही बैक्टरजनित बीमारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही थी संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक अक्टूबर से शुरू होगा और इकतीस अक्टूबर तक चलेगा प्रदेश में उन बच्चों के टीकाकरण के लिये एक अभियान भी चलाया जायेगा जो कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण कार्यक्रम से छूट गये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में वृद्ववस्था पेंशन निराश्रित महिला पेंशन दिव्यांग पेंशन और कृष्ठावस्था पेंशन की दूसरी त्रयमासिक किश्त ऑनलाइन हस्तांतरित की हर लाभार्थी के खाते में पन्द्रह पन्द्रह सौ रूपये की धनराशि मेजी गयी है

आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है एक ट्वीट में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है उन्होंने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक उन्तालीस लाख बयालिस हजार तीन सौ साठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या उन्नीस दशमलव आठ चार प्रतिशत रह गई हैं आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं

अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रमाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में श्राज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है

यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं